बसपा ने प्रदेश के सभी छह विधायकों को व्हिप जारी कर किसी भी कार्यवाही में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने को कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कोविड जांच क्षमता में वृद्धि के लिए देश के तीन स्थानों पर परीक्षण केन्द्रों का करेंगे उद्घाटन प्रदेश में कोरोना के गंभीर मरीजों को जीवन रक्षक इंजेक्शन और प्लाज्मा थैरेपी मुहैया कराएगी राज्य सरकार

इस बीच गहलोत सरकार पर संकट और गहरा गया है बहुजन समाज पार्टी ने अपने सभी छह विधायकों को व्हिप जारी कर कहा है कि वे किसी भी तरह के अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी तरह की कार्यवाही में कांग्रेस के खिलाफ वोट करें बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पार्टी का व्हिप नहीं मानने पर इन विधायकों की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो सकती है इस संबंध में स्पीकर और राज्यपाल को भी पत्र भेजा गया है वहीं बसपा ने उच्च न्यायालय में लंबित अयोग्यता संबंधी मामले में पक्षकार बनने या नई याचिका दायर करने का भी निर्णय लिया है

इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र से उम्मीद है कि वे जिस संवैधानिक पद पर हैं उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए जल्दी ही विधानसभा सत्र बुलाने की आज्ञा प्रदान करेंगे

उधर कल से ही कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर डेमोकेसी अभियान भी शुरू किया गया है जिसमें कई मुख्यमंत्री सहित कई कांग्रेस नेताओं ने अपने बयान जारी किए हैं

उन्होंने अपील की कि पिछले दस दिनों में जो उनके संपर्क में आए हैं वो कोरोना जांच करवा लें वहीं उदयपुर में कोरोना संकमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल टीमों का गठन किया है

इन केन्द्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संकमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी ये केन्द्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान मुंबई के राष्ट्रीय कोलेरा और आंत्ररोग संस्थान में स्थापित किए गए हैं

ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किसी भी जरूरतमंद मरीज के लिए इस इंजेक्शन की उपलब्धता में कमी नहीं आने देगा श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री ने कोरोना के उपचार में प्लाज्मा थैरेपी को बढ़ावा देने और उसके लिए प्रदेशभर में प्लाज्मा डोनेशन शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के लिए काफी अधिक टेस्टिंग क्षमता विकसित कर ली है ऐसे में अब टेस्ट के परिणाम आने में देरी नहीं होनी चाहिए समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिक संक्रमण वाले जिलों में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अध्ययन करने के निर्देश दिए उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार कफ्र्यू और कन्टेमेन्ट के लिए चिन्हित सीमित क्षेत्र में सम्पूर्ण लॉकडाउन की पालना करवाई जाए

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कल जयपुर में एक कार्यक्रम में यह जानकारी देते हुये बताया कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजकीय और निजी अस्पतालों में कोरोना महामारी के मरीजों के समुचित उपचार और देखरेख सुनिश्चित करने के लिये संभाग और जिलेवार समितियां गठित करेगा

ये समितियां कोविड संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरन्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी

जालौर जिले में भी कल रात कुछ स्थानों पर बारिश हुई